रायगढ़ में आज से छत्तीसवां चक्रधर समारोह शुरू कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार वर्चुअल रूप में हो रहा है यह समारोह

केंद्र राज्य अनलॉक केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है अनलॉक तीन के दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ हुए सीमापार करने के समझौते के तहत लोगों और सामान के आने जाने के लिए किसी प्रकार के ई परमिट अथवा अलग से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है जिससे राज्यों के बीच सामान सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी और विपरीत असर पड़ रहा है केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम दो हजार पांच के तहत गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का इन प्रतिबंधों के कारण उल्लंघन हो रहा है पत्र में दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाएं निर्वाचन आयोग दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में आगामी चुनावों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं उम्मीदवारों और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों के लिए कड़े मानदंड तय किये गये हैं प्रचार अभियान के दौरान भी कोरोना संक्रमण के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम दो हजार पांच के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी घर घर चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी रोड शो के दौरान पांच वाहनों के काफिलों के बीच अंतर रखना जरूरी होगा सार्वजनिक सभाओं और रैलियों के दौरान कोविड नाइंटीन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा प्रत्येक प्रवेश बिन्दु पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी मतदान की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड से अधिक पाया जायेगा तो उसकी जांच एक बार फिर से की जायेगी यदि दूसरी बार जांच में भी तापमान अधिक पाया गया तो मतदाता को टोकन या प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा ताकि वह कोरोना संक्रमण से संबंधित उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए मतदान के अंतिम घंटे में अपना वोट डाल सके दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में पंद्रह सौ मतदाताओं के नियम की बजाय किसी मतदान केन्द्र पर एक समय में केवल एक हजार मतदाताओं को जाने की अनुमति दी जायेगी बारिश प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के थमने के बाद अब जनजीवन सामान्य होने लगा है वहीं कुछ इलाकों में पुल पुलियों और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है बस्तर जिले में आज बारिश नहीं होने से लोगों को कुछ राहत मिली है नदी नालों का जलस्तर भी घट रहा है हालांकि जगदलपुर में इंद्रावती नदी का पानी अभी भी पुराने पुल से करीब डेढ़ मीटर ऊपर बह रहा है बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है जिनमें से कुछ परिवार वापस अपने घर लौट गए हैं उधर राजनांदगांव जिले के मानपुर विकासखंड से औंधी क्षेत्र के लगभग चालीस गांवों का सड़क संपर्क ट्रट गया है मानपुर औंधी मार्ग पर चंदन नाला के पास एप्रोच सड़क और पुल तेज बारिश में बह गया जिससे इस मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है वहीं बिलासपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने आज तखतपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से चर्चा की और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है साथ ही एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है दूसरी ओर प्रदेश में हो रही बारिश से विभिन्न जलाशयों का जलस्तर भी बढ़ रहा है प्रदेश के चवालीस प्रमुख जलाशयों में वर्तमान में लगभग साढ़े तिरासी प्रतिशत औसत जलभराव है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है दुर्ग जिले में आज छियासठ नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें दो डीजीएम सहित बीएसपी के पांच कर्मचारी भी शामिल हैं वहीं बीएसएफ के ग्यारह और सीआईएसएफ के पांच जवान भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं वहीं रायगढ़ जिले में भी आज कोरोना पॉजीटिव छब्बीस नये मरीज मिले हैं इनमें सफाईकर्मी और स्वच्छता दीदियां भी शामिल हैं इस बीच बस्तर में आज कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मौत हो गई जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत हो चुकी है वहीं जशपुर जिले में भी कोरोना संक्रमित पचपन वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है कोरबा जिले के कटघोरा की उनचास वर्षीय एक महिला की भी कोरोना से मृत्यु हो गई उधर कोरिया जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवपुर चरचा नगर पालिका क्षेत्र को कल तेईस अगस्त की रात बारह बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है इधर राजनांदगांव जिले के छुईखदान नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर चौबीस अगस्त कर दी गई है इस बीच राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा इस साल मोहर्रम के अवसर पर शेर नाच और ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है गौरतलब है कि कल देर रात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार विभिन्न जिलों से आठ सौ उन्नीस कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बीस हजार के करीब पहुंच गई है वर्तमान में सात हजार तीन सौ से अधिक कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है

जेईई मेन परीक्षा एक से छह सितंबर तक और नीट परीक्षा तेरह सितंबर को करायी जायेगी एनटीए ने बताया कि परीक्षा से पहले और बाद में परीक्षा केन्द्रों को सैनिटाइज किया जायेगा और परीक्षार्थी केन्द्र पर नये मास्क और दस्ताने ले सकेंगे एनटीए ने कानून व्यवस्था और बिजली सप्लाई बनाये रखने परीक्षा केन्द्रों के बाहर लोगों की भीड़ रोकने और परीक्षार्थियों के आसानी से आने जाने की व्यवस्था में राज्य अधिकारियों से सहयोग मांगा है एजेंसी ने प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही परीक्षार्थियों को जरूरी निर्देश और कोविड नाइंटीन संबंधी सलाह भी भेजी है एनटीए ने बताया कि नीट और जेईई परीक्षा में बैठने वाले निन्यानवे प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवारों को उनकी पहली वरीयता वाला परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया है

यह समारोह रायगढ़ के महान संगीतज्ञ राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में मनाया जाता है कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार ऐतिहासिक चक्रधर समारोह वर्चुअल रूप में मनाया जाएगा अब से कुछ देर बाद श्री गणेश जी की आराधना और वंदना के साथ डिजिटल चक्रधर समारोह का शुभारंभ होगा पहले दिन आज स्मिता मौकासी द्वारा वोकल जयपुर की शर्मिला शर्मा द्वारा कत्थक और लखनऊ के अनीस शाबरी द्वारा कव्वाली की प्रस्तुति दी जाएगी इसे यू ट्यूब पर लाईव देखा जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष मेंटवार्ता छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल सुबह नौ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल शाम साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेब नौ सौ इकयासी किलो हर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे मुख्यमंत्री जन्मदिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जन्मदिन के अवसर पर कल तेईस अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और प्रशंसकों से जुड़ेंगे श्री बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोपहर बारह बजे से डेढ़ बजे तक उपलब्ध रहेंगे मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वे बधाई और शुभकामना देने मुख्यमंत्री निवास न आएं जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे तथा कोरोना संक्रमण के खतरे को यथासंभव टाला जा सके सपोषण अभियान बस्तर जिले के लगभग दो हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुपोषण अभियान के तहत चालीस हजार से अधिक बच्चों को अब मूंगफली गुड़ से बने लड़डू और गुड़युक्त काजू दिया जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण अीजीविका मिशन बिहान के तहत काम करने वाले महिला स्व सहायता समूहों को लड्डू और गुड़युक्त काजू तैयार करने तथा उसकी आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है जिले के पच्चीस स्व सहायता समूह की महिलाएं यह खाद्य सामग्री तैयार करेंगी वहीं राजनांदगांव जिले में बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों और मितानिनों के माध्यम से चिन्हांकित लाभार्थियों के घर तक सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत लाभार्थियों को चावल गेहूं और दाल स्थानीय रूचि तथा उपलब्धता के अनुसार अन्य पौष्टिक आहार का पैकेट बनाकर प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं साइबर अपराध अभियान साइबर अपराध को रोकने और लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए बिलासपुर पुलिस द्वारा आज से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है यह अभियान सात दिसंबर तक चलेगा इसके लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है थाने के प्रत्येक कर्मचारी पच्चीस पच्चीस लोगों को साइबर अपराध से बचने और जागरूकता के संबंध में प्रशिक्षण देंगे प्रशिक्षित लोगों को साइबर मितान नाम से जाना जाएगा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ये लोग ग्रामीणों को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक करेंगे उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिले में बीते सात महीनों के दौरान ढाई सौ से अधिक लोग ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध का शिकार हुए हैं कैम्पा कार्यशाला छत्तीसगढ़ प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैम्पा के अंतर्गत वन और वन्य प्राणियों के संवर्धन तथा संरक्षण की दिशा में नवाचार पर जोर दिया जाएगा कैम्पा के सीईओ वी श्रीनिवास राव ने बिलासपुर में आयोजित वन वृत्त स्तरीय कार्यशाला में कैम्पा मद के कार्यो की समीक्षा के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए साथ ही कैम्पा के अंतर्गत वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस की वार्षिक कार्ययोजना को तैयार करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया गणेश चतुर्थी पूरे देश सहित प्रदेशभर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुद्धि विवेक और सौभाग्य समृद्वि के प्रतीक गणपति का ग्यारह दिन का उत्सव आज से शुरु होकर चतुर्दशी पर सम्पन्न होता है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घरों में भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं गणेश प्रतिमाएं और पूजन सामग्री खरीदने बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है हालांकि इस बार पहले की तुलना में बाजारों में कम रौनक रही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष चौक चौराहों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जा रही हैं वहीं प्रशासन द्वारा गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय और दिशा निर्देशों का पालन करने कहा गया है ईको फ्रेंडली मूर्ति राष्ट्रीय ग्रामीण अीजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार और उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्व सहायता समूहों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है इसके तहत लोगों को व्यक्तिगत रूचि के कार्य और व्यवसाय में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के ग्राम राधाकृष्णनगर में लवली समूह के सदस्य निमई मंडल द्वारा भगवान गणेश की ईको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं उन्हें एसवीईपी परियोजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और अब वे मूर्तियां बनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है संक्षिप्त समाचार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज बिलासपुर के राजकिशोर नगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का ऑनलाइन भूमिपूजन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य केन्द्र का अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो इसका ध्यान रखा जाएगा नारायणपुर जिले में आज दो इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इन पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था सरगुजा संभाग में चालू खरीफ सीजन में खाद की कमी को लेकर किसान मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी है कबीरधाम जिले के लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम चंदैनी के पास ट्रक की टक्कर से दो महिलाओं की मौत हो गई रायगढ़ जिले में तमनार क्षेत्र के ग्राम मीलूपारा में नदी में बहने से एक युवक की मौत हो गई बालोद जिले के केरी जुंगेरा के नाले में बहने के कारण एक युवक की मौत हो गई कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लखनपुर में एक दंपत्ति के साथ मारपीट करने के आरोप में भिलाई छावनी थाना में पदस्थ एक उप निरीक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है